प्रदेश में आज से किसानो से समर्थन मूल्य पर मूंग और उडद की खरीद होगी शुरू फतेहपुर थानाधिकारी और कांस्टेबल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपी गिरफ्तार

इसके तहत भाजपा की फीडबैक बैठक कल पाली जिले के रणकपुर में आयोजित की गई बैठक में बीकानेर संभाग की सीटों को लेकर चर्चा की गई बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पार्टी के संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी तथा पार्टी सांसद विधायक पूर्व सांसद पूर्व विधायक प्रधान तथा पार्टी के विभिन्न विभागों के लोगों ने चुनाव को लेकर रायशुमारी की इसी तरह जयपुर सहित अन्य जगहों पर भी बैठक कर चुनाव के लिए मंथन किया जायेगा बैठक में भाग लेने रणकपुर पहुंचे देवी सिंह भाटी ने मीडिया से कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद हो चुका है इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर घोषित सभी कमेटियों की कल जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक आयोजित की गई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट वरिष्ठ नेता सीपी जोशी सहित कई लोगों ने भाग लिया उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं उन्होंने कहा कि टिकट वितरण प्रक्रिया चालू हैं और समिति की बैठक में चुनाव रणनीति पर चर्चा की गई बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी जिताऊ और साफ छवि के उम्मीदवार को टिकट देगी कांग्रेस लोगों की राय से घोषणा पत्र तैयार करेगी जिसके लिये उप समितियां बनायी जायेगी इस बीच चुनावी रणनीति को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी ने भी जयपुर में बैठक आयोजित की वहीं खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे जल्द ही नई पार्टी की घोषणा करेंगे इधर आम आदमी पार्टी आप ने कुछ उम्मीदवारों के नाम भी जारी कर दिये है जालौर में भी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल चल रही है एक और राजनैतिक दलों की बैठकों का दौर जारी है

प्रदेश में आज से किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग और उडद की खरीद शुरू हो जायेगी

गिरदावरी के बिना किसानों का पंजीकरण मान्य नहीं होगा गिरदावरी ब्यौरा किसी भी ई मित्र या खरीद केन्द्र पर अपलोड़ करवाया जा सकता है

विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर ने कहा है कि उन पर लगाये जा रहे यौन उत्पीड़न के आरोप निराधार हैं उन्होंने कहा कि बिना सबूत के आरोप लगाना समाज के क्छ वर्गो में वायरल बूखार की तरह हो गया है श्री अकबर ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई के बारे में उनके वकील फैसला करेंगे विदेश राज्यमंत्री कल ही विदेश यात्रा से लौटे और उन्होंने ये बयान दिया गौरतलब है कि कई महिला पत्रकारों ने उन पर संपादक पद पर रहने के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये हैं इस बीच कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल श्री अकबर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीन् गुप्ता ने कल जयपुर में जीका वायरस के अधिकारियों के साथ समीक्षा की

उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में एंटी लार्वा गतिविधियां भी संचालित की जा रही है श्रीमती गुप्ता ने बताया कि जीका वायरस को लेकर लोग घबराये नहीं यह बीमारी जानलेवा नहीं है उन्होंने लोगों और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को मच्छरों से बचने की सलाह दी प्रदेश भर में नवरात्रि महोत्सव परम्परागत श्रद्वा उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पूजा के साथ गरबा डांडिया और राम लीलाओं का आयोजन किया जा रहा है वहीं बाजारों में भी दशहरा और दीपावली के पास आते ही रौनक बढने लगी है